श्री सिंह आज विजय दशमी के अवसर पर फांस में शस्त्र पूजा करेंगे और लडाकू विमान में कुछ देर के लिए उडान मरेंगे प्रदेशभर में आज विजयदशमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है ये पर्व ब्राई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है इस दिन को नवरात्र और दुर्गापूजा के समापन के रूप में भी मनाया जाता है आज रावण मेघनाद और कम्मकरण के पुतलों को दहन किय जायेगा रावण दहन के साथ दशहरा मेले और आतिशबाजी के कार्यक्रम भी आयोजित होंगे विजयदशमी के अवसर पर कई स्थानों पर विजय जुलूस और शोभायात्रा भी निकाली जायेगी केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने दशहरे के पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाए दी है अपने संदेश में उन्होंने कहा है कि कुरीतियों को जलाकर अच्छे आचरण और उसका संकल्प करना यही आज के त्यौहार का महत्व है

राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि विजयदशमी आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व का पर्व है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बधाई संदेश में कहा कि बुराई पर अच्छाई तथा असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक ये उत्सव हम समी को अपने भीतर की ब्राईयों को त्यागकर जीवन में सदाचार की राह पर चलने की प्रेरणा देता है गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर कहा है कि जम्मू कश्मीर हमेशा के लिए केन्द्र शासित प्रदेश नहीं रहेगा उन्होंने कहा कि सुरक्षा की स्थिति में सुधार होने के बाद इसे दोबारा पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जायेगा

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कल ई दंत सेवा नाम की एक वेबसाइट और मोबाइल ऐप्लिकेशन की शुरूआत की यह दंत चिकित्सा से जुड़ी जानकारी और ज्ञान पर आधारित पहला राष्ट्रीय डिजीटल प्लेटफॉर्म है नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने दिव्यांग जनों के लिए ब्रेल पुस्तिका और ध्वनि चित्र का भी लोकार्पण किया

श्री जावड़ेकर ने कहा कि देश में कम प्रदूषण फैलाने वाले हरित पटाखों का विकास एक ऐतिहासिक कदम है उन्होंने कहा कि पराली जलाने से होने वाले प्रद्षण की समस्या के समाधान के उपाय भी किए गए हैं

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस लैब के बनने से जोधप्र संभाग के लोगों को फायदा मिलेगा